लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्त्रां होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले गये हैं

सुरक्षित दूरी और भीड़भाड़ के मद्देनजर कई राज्यों में प्रमुख धार्मिक स्थलों को आज से नहीं खोला जा रहा है दिशा निदशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्ही लोगों को प्रवेश अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी साथ ही लोगों को प्रतिमाआ और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर सेनिटाइजेशन के पर्याप्त उपाय किए गए है

दिल्ली की अन्य राज्यों से लगी सीमाएं आज फिर से खुल गई हैं

उन्होंने कहा कि दिल्ली में होटल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर मॉल रेस्तरां और पूजा स्थल आज से खुल रहे हैं नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही उपचार होगा

प्रदेश में सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप अधिकांश प्रमुख मंदिर खुल गए हैं

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे

रात भर अधिकांश मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा ब्रहा मुहूर्त में प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में द्वार खोल दिए गए अयोध्या में रामलला के दर्शन के आए श्रद्वालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं

पौराणिक शहर चित्रकूट में भी कामदगिरि सहित अनेक मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पिछले बीस मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन के चलते बन्द हुए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के कपाट आज खोल दिये गये मुख्यमंत्री और मंदिर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने आज मंदिर में पूजा अर्चना की यहां अब श्रद्वालु गुरू गोरखनाथ के दर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो के साथ कर रहे हैं श्रद्वालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य है मंदिर में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर व्यवस्था से गुजरना आवश्यक है अयोध्या में भी लगभग ढाई महीने की बंदी के बाद सभी धर्मस्थल खोल दिये गये जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्त निर्धारित निदशों का पालन करते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं

इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस की जांच करने की प्रक्रिया तेज कर दी है

वहीं प्रदेश में अब तक तीन हजार छह सौ चौवालीस लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं

उन्होंने बताया कि कल राज्य में तेरह हजार दो सौ छत्तीस नमूनों की जांच को गई और जल्द ही पन्द्रह हजार नमूने प्रतिदिन जांच के आंकड़े को पार कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर तेरह लाख उन्हत्तर हजार एक सौ छत्तीस प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का हालचाल लिया तथा उनमें से एक हजार दो सौ निन्यान्वे लोगों में करोना वायरस के लक्षण पाये जाने पर उनकी आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है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

उन्होंने बताया कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा मुख्यतः कम्युनिटी किचन शेल्टर होम और कोरेन्टीन सेन्टर की व्यवस्था का पयवक्षण किया जा रहा है

उन्होंने मंडलायुक्तों को इस बात का आकलन करने के निर्देश दिये कि आगामी छह माह में किस जनपद में किस क्षेत्र में रोजगार का सूजन हो सकता है

प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं मेरठ में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में बीस तालाबों के जीर्णोद्वार का कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत जोर शोर से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखनी होगी मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोने होंगे और अलकोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर इसका उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा